राष्ट्रीय संस्थानों और इससे पंजीकृत संस्थानों में लघु कौशल शिक्षण की अनुमति रहेगी

इनमें नियमित संचालित होने वाली गतिविधियाँ नहीं होंगी नए दिशा निर्देशों के तहत रविवार को रहने वाला प्रदेशव्यापी लॉकडाउन अब खत्म कर दिया गया है

अशोकनगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यमंत्री ब्रजेन्द्र सिंह और पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी पॉजिटिव पाये गये हैं उधर सीधी में सांसद रीति पाठक में संकमण की पुष्टि हुई है उन्होंने स्वयं सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी देते हुए अपने संपर्क में आये लोगों से जांच कराने की अपील की

नदी तालाब संरक्षण इंदौर नगर निगम तालाबों और नदियों के संरक्षण के लिए वॉटर प्लस सर्वे के मापदंडों पर आधारित अभियान चला रहा है इसके तहत घरों और संस्थानों से निकले मल जल और प्रदृषित जल को नदियों और तालाबों में मिलने से रोकने के लिए नालों को रोकने का कार्य किया जाएगा निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि अमृत योजना के तहत नदी तालाबों में प्रद्रषित जल मिलने से रोकने के लिए ड्रेनेज पाइप लाइन डाली जा रही है इन पाइप लाइन के माध्यम से प्रदृषित जल को जल षोधन संयंत्रों तक भेजा जाएगा षुध्दिकरण के बाद इस पानी को कान्ह और सरस्वती नदी में डाला जाएगा इसके कारण इन दोनों नदियों में वर्ष भर स्वच्छ जल प्रवाहित होगा और भूजल स्तर में भी वृध्दि होगी विमान सेवा इंदौर के देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय विमान तल पर कल से सामान परिवहन विमान सेवा षुरू कर दी गई है विमानतल की निदेषक अर्यमा सन्याल ने बताया कि इस सेवा का संचालन अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक्स कंपनी एएआईसीएएस संभालेगी इसके पहले विमानतल पर यह व्यवस्था निजी कंपनी के हाथों में थी सांसद षंकर लालवानी ने विमानतल पर नई अंतरराज्यीय कार्गो सेवा का षुभारंभ करते हुए कहा कि षीघ्र ही यहां से अंतरराष्ट्रीय सामान परिवहन सेवा षुरू की जाएगी इसके षुरू होने से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और इंदौर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

कलेक्टर ने सभी विभागीय कर्मचारियों और मैदानी अमले को सकिय रहने के निर्देश दिये हैं